जॉगिंग करते समय कचरा उठाने की यह अपने आप में एक अनूठी पहल होगी आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जागिंग करते समय कचरा उठाने की एक नई पहल प्लॉगिंग की ओर राष्ट का ध्यान आकर्षित किया था

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से सोशल मीडिया पर भारत की लक्ष्मी हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटियों की उपलब्धियों का वर्णन करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा है कि भारतीय संस्कृति में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है श्री मोदी ने तनावमुक्त परीक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों से उनके अनुभव और सुझाव साझा करने का भी आग्रह किया है अपने संबोधन में उन्होंने प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के साथ अपनी बातचीत को भी साझा किया और कहा कि भारत की प्रगति को लेकर वे काफी उत्सुक और तत्पर हैं

भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी ने झाबुआ उपचुनाव के लिए भानु भूरिया को अपना उम्मीद्वार बनाया है श्री भूरिया भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया है कि केन्द्रीय नेतृत्व ने युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारा है उन्होंने बताया कि श्री भूरिया कल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे उधर भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक हो रही है जिसमें महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किये जायेंगे कांग्रेस की केंद्रीय समिति इन दोनो राज्यों में चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए कल बैठक करेगी

नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने बताया है कि अभियान में ई नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी इसके लिए जरूरी कंप्यूटर और लैपटाप की व्यवस्था शिविर स्थल पर ही की जायेगी उन्होंने कहा कि इस दौरान सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण का सत्यापन भी किया जायेगा नागरिकों को ऑनलाइन भवन अनुज्ञा से संबंधित आटोमेटेड बिल्डिंग प्लान एप्रवल सिस्टम की भी जानकारी दी जायेगी प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके आवास पूर्ण हो गये हैं उन्हें गृहप्रवेश भी कराया जायेगा प्याज मूल्य नियंत्रण केन्द्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए इसकी सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है वाणिज्य मंत्रालय ने प्याज के निर्यात पर रोक संबंधी नीति में संशोधन कर यह फैसला लिया है केन्द्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि केन्द्र सरकार राज्यों की मांग पर उन्हें भी प्याज की आपूर्ति कर रही है अब तक पांच हजार टन प्याज की बिक्री मदर डेयरी से रियायती दर पर की जा चुकी है

प्याज की सप्लाई और बढ़ाने की व्यवस्था भी की जा रही है

इस दौरान राज्य में भी नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं भी स्थापित की जा रही हैं पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जानी है बैतूल से मिले समाचार के मुताबिक वहां कई स्थानों पर सार्वजनिक मण्डलों द्वारा दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की गई है नरसिंहपुर जिले के झौंतेश्वर में श्रीवनम की पहाड़ी में स्थित राजराजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में दर्शनार्थियों का सुबह से ही तातां लगा हुआ है प्रदेश के होशंगाबाद शहडोल नरसिंहपुर जबलपुर देवास धार छिंदवाड़ा उज्जैन गुना अशोकनगर सागर शिवपुरी भिण्ड मुरैना और ग्वालियर सहित अन्य जिलों से भी नवरात्र पर्व को लेकर समाचार मिले हैं मौसम राज्य के विभिन्न हिस्सो में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है मण्डला में एक बार फिर नर्मदा नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गये हैं

यहां कोटा मार्ग पर पार्वती नदी का पानी पुल पर चार फीट तक होने से राजस्थान को जोड़र्न वाला प्रमुख मार्ग बंद हो गया है यहां की अहेली नदी भी उफान पर है जिले के बत्तीसा और अटठाइसा गांव में भी खरीफ की फसलों को भारी नुकसान होने का अनुमान है उधर रायसेन जिले में कल से रुक रुककर बारिश हो रही है इससे बेतवा नदी फिर उफान पर आ गई है और पगनेश्वर पुल पर पानी आने से रायसेन सॉची मार्ग का यातायात प्रभावित हुआ है मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घण्टों में रीवा सतना सीधी सिंगरौली अनुपपुर शहडोल उमरिया डिण्डौरी सिवनी बालाघाट दमोह छतरपुररतलाम नीमचमंदसौर और श्योपुर जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है